पारंपरिक औषधियों और वन सामग्री पर केन्द्रित अंतरराष्ट्रीय वन मेला आरंभ

कानून और न्याय मंत्रालय ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो के तहत दुष्कर्म के मामलों की तुरन्त जांच और निपटान के लिए फास् ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिएयह योजना बनाई है

निर्भया याचिका उच्चतम न्यायालय ने आज निर्भया मामले में चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी है

इस बीच दोषी अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है निर्भया की मॉ ने न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है

वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा पेश अनुपूरक बजट में प्राकृतिक आपदाओं और सुखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत अभियान के लिए तेरह हजार तीन सौ पिचासी करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि ऊर्जा क्षेत्र के लिए दो हजार एक सौ तीस करोड़ का प्रावधान किया गया है वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य में यूरिया और किसान ऋणमाफी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव के नेतृत्व में भाजपा सदस्य विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे आज विधानसभा में भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हाल ही में हए छात्र आंदोलन संबंधी मुददा उठाया गया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और निष्कासन की कार्यवाही वापस ली जानी चाहिये संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविन्द सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ है और घटनाकम से जुड़ी जानकारियां मंगाई जा रही हैं विस ऋण राज्य सरकार ने आज स्वीकार किया कि उसने साल भर के भीतर उन्नीस हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज विधानसभा में भाजपा के भूपेन्द्र सिंह के एक लिखित सवाल के जवाब में इस आशय की जानकारी दी

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आकस्मिक निधि और रिजर्व फण्ड के नियमों में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया गया है

इस अभियान में होशंगाबाद को दूसरा और बड़वानी जिले को तीसरा स्थान इस योजना पर अमल के मामले मिला है

निरोगी काया अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने के लिए शिविरों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाया गया था

वनमेला अंतरराष्ट्रीय वन मेला आज से भोपाल के लाल परेड मैदान पर शुरू हो गया मेले का शुभारंभ वन मंत्री उमंग सिंगार ने किया इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील और जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा भी उपस्थित थे

इसके अलावा लघु और कृटीर उद्योगों में बने घरेल उपयोग के सामान रेशमी परिधान के साथ साथ बांस के बनी वस्तुऍ भी प्रदर्शित की गई हैं मेला परिसर में प्रदेश की विभिन्न जनजातियों और लोक संस्कृति पर आधारित लोकनृत्य लोकगीत संगीत के कार्यक्रम भी किये जा रहे हैं इसके अलावा भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान और चिकित्सकीय परामर्श देने की व्यवस्था भी मेलास्थल पर की गई है मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक एसके मंडल ने बताया है कि मेले में क्रेता विक्रेता सम्मेलन किया जायेगा गेंदा फूल उमरिया जिले में महिलायें गेंदा फूल की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है

सबसे कम तापमान दतिया में चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर जबलपुर सहित प्रदेश के नौ संभागों में मध्यम से घना कोहरा छाने और प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है उमरिया में सर्दी की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा नगरपालिका ने यहां जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है भोपाल में आज का अधिकतम तापमान बाइस दशमलव तीन और न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो डिग्री रहा जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम है इंदौर में न्यूनतम तापमान नौ दशमलव छह जबलपुर में दस दशमलव चार और ग्वालियर में पांच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर श्योपुर राजगढ़ रीवा सतना नरसिंहपुर खजुराहो नौगांव और दमोह के लोगों को कड़ाके की ठण्ड का सामना करना पड रहा है निलंबन मण्डला और डिण्डौरी जिलों में सौभाग्य योजना के कियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है यह जानकारी उर्जा मंत्री प्रियवत सिंह ने आज विधानसभा में कांग्रेस के विनय सक्सेना के पूरक प्रश्न के उत्तर में दी उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी

उमरिया जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग चपड़ा कोल माइन्स के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई

उन्होंने कहा कि किसान यूरिया और बीज की समस्या को लेकर परेशान है